कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि परिषद की बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये मंत्रि परिषद् ने प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया होशंगाबाद जिले के बाबई मोहसा में यह पार्क स्थापित होगा मंत्रि मंडल ने प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की कैबिनेट ने निःशक्त बालक बालिकाओं के लिए ग्वालियर में स्टेडियम निर्माण के लिये भूमि आवंटित करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया बैठक में इंदौर पीथमपुर इन्वेस्टमेंट रीजन में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने संबंधी परियोजना का अनुमोदन प्रदान किया गया मंत्रि परिषद ने भोपाल और इंदौर शहर में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मेट्रोपोलिटन एरिया गठित करने का निर्णय लिया

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में हितग्राहियों को पर्ची और राशन किट वितरित कर इसका शुभारंभ करेंगे खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे

आगरमालवा जिले में अन्नपूर्णा योजना के तहत साढ़े तीन हजार से अधिक हितग्राहियों को पात्रता पर्ची और राशन का वितरण किया जायेगा हाईकोर्ट मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए के मित्तल ने आज जबलपुर में कोरोना वायरस के बढते प्रभाव के मददेनजर मुख्यपीठ में पांच दिनों तक कामकाज बंद रखने के निर्देश जारी किये

कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाते हुए पांच दिनों के अवकाश का निर्णय लिया गया है

उन्होंने कहा कि यूजीसी नेट का विषय और पाली के आधार पर शेड्यूल बाद में जारी कर दिया जाएगा प्रवेश पत्र परीक्षा की तारीख रोल नंबर परीक्षा केंद्र और अन्य जानकारियां जल्द जारी की जाएगी और इसके बारे में जानकारी आधिकारिक वेबसाइट यूजीसी एनटीएएनआईसीइन पर दी जाएगी

इस दौरान राज्य और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें फेसब्रक टिवटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन कार्यक्रमों से लाखों लोग जुड़ेंगे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि सप्ताह के दौरान अन्न उत्सव के आयोजन के साथ ही कई कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे

इस सेवा सप्ताह के दौरान पार्टी कार्यकर्ता सेवा कार्यो के साथ ही अन्य रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं

प्रस्तावित सत्र के दौरान प्राप्त प्रश्न ध्यानाकर्षण शून्यकाल की सूचनाओं के उत्तर सदस्यों को लिखित में प्राप्त होंगे

टीकमगढ़ में होम आईसोलेट मरीजों से संवाद के लिए कोविड कमान्ड एण्ड कंट्रोल सेन्टर स्थापित किया गया है

रोजगार मेला देवास जिले में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा विकासखंड स्तरीय रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है

इनमें रायसेन बैतूल हरदाधार खंडवा और खरगोन जिले शामिल है इसके अलावा राज्य के रीवा सागर शहडोल जबलपुर भोपाल इंदौर और होशंगाबाद संभागों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है